केन्द्रीय रसायन और उर्वरक मंत्री डी वी सदानंद गौड़ा ने बताया कि उर्वरक सब्सिडी का आबंटन बढ़ने से किसानों को प्रत्यक्ष लाभ अंतरण के माध्यम से सब्सिडी पहंचाने की दक्षता में सुधार होगा

कांगड़ा के उपायुक्त राकेश प्रजापति ने कहा है कि आपदा से निपटने के लिये जिले में प्रतिक्रिया प्रणाली विकसित की गई है और आपदा प्रबंधन में सभी विभागों के लिये अलग अलग कार्य सुनिश्चित किये गए हैं उन्होंने कहा कि कांगड़ा जिला आपदा की दृष्टि से अति संवेदनशील क्षेत्र में आता है और बेहतर प्रबंधन व पूर्ण तैयारियों से प्राकृतिक आपदा से होने वाले नुकसान को कम किया जा सकता है इधर शिमला में भी लोगों को आपदा के प्रति जागरूक करने के लिये मेगा मॉक ड्रिल का आयोजन किया जाएगा उपायुक्त अमित कश्यप ने कहा है कि मेगा ड्रिल के दौरान शिमला के भट्टाक्फर और बालूगंज में दो राहत शिविर स्थापित किए जाएंगे जहां पर आपदा के दौरान भूकम्प से प्रभावित लोगों को चिकित्सा व अन्य सुविधाएं प्रदान की जांएगी

मौसम प्रदेश के अधिकांश भागों में मॉनसून की वर्षा का क्रम जारी है और कई स्थानों पर भारी वर्षा से नदी नालों का जलस्तर बढ़ गया है इधर राजधानी शिमला व इसके आसपास के इलाकों में आज सुबह से ही रुक रुक कर वर्षा हो रही है जिससे तापमान में हल्की गिरावट दर्ज की गई है मौसम विभाग ने अगले कुछ दिनों तक राज्य के अधिकतर स्थानों में वर्षा होने की सम्भावना जताई है

अब एक नजर अखबारों की सुर्खियों पर समाचार पत्रों ने आज मौसम से जुड़ी खबरों को प्रमुखता दी है अमर उजाला की सुर्खी है झमाझम बारिश से नदी नाले उफान पर मनाली में एक बहा दैनिक जागरण का शीर्षक है मनाली में व्यक्ति बहा मंडी में भूस्खलन ने रोका एनएच पंजाब केसरी के शब्द हैं हिमाचल में ऑरेंज अलर्ट दैनिक भास्कर लिखता है पांच जिलों में भारी बारिश का अलर्ट लोगों को नदी नालों के पास न जाने की सलाह आपका फैसला के मुताबिक उमस भरी गर्मी के बीच बौछारों ने कूल कूल कर दिया मौसम जबकि हिमाचल दस्तक का कहना है चम्बा में भारी बारिश भूस्खलन का अलर्ट दिव्य हिमाचल की एक खबर है इसी महीने से दौड़ेंगी निली बसें तमाम औपचारिकताएं पूरी करने में जुटा निगम प्रबंधन नालागढ़ की भटौलीकलॉ पंचायत ने पर्यावरण संरक्षण के लिये शुरू की मुहिम शीर्षक से दैनिक जागरण लिखता है अब नई पौध बचाएगी हरियाली जबकि अमर उजाला की सुर्खी है बच्चे के जन्म पर रोपना होगा पौधा तभी दर्ज हो सकेगा पंचायत में नाम चूड़धार की यात्रा को सुगम बनाने के लिये बनेंगे ट्रैक दैनिक भास्कर की एक खबर है पंजाब केसरी के मुताबिक हेलीकॉप्टर सेवा के लिये स्काई वन से करार जबकि दैनिक सवेरा टाइम्स का कहना है जनवरी में स्काई वन हेलीकॉप्टर में उड़ेंगे मुख्यमंत्री जयराम ठाक्र अमर उजाला की एक खबर है ब्रेकल मामले की फिर खुली फाइल राज्य विजिलेंस ब्यूरो ने नए सिरे से शुरू की जांच

दिव्य हिमाचल की सुर्खी है जनमंच में जेई चार्जशीट काम में कोताही बरतने पर सुजानपुर के पटलांदर में पंचायती राज मंत्री की कार्रवाई